एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्व्यूर्ण पहलों की श्रुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पहलों में रिकॉर्ड निवेश गति प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और लोगों की भागीदारी देखने को मिली है श्री मोदी ने कहा कि सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

पत्र में कहा गया है कि हर गॉव में जल संरक्षण की रणनीति तैयार की जाये ग्राम पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल और खेती के लिये पानी की आवश्यकता उपलब्धता परम्परागत जल स्रोतों की स्थिति एवं जल संग्रहण क्षमता का आकलन करें जल स्रोतों के संवर्धन के लिये जन सहभागिता से श्रमदान करायें श्री पटेल ने किसानों को खेतों में मेड़ बँधान और चेकडेम जैसी संरचनाएँ बनाने तथा कम पानी की फसल बोने के लिये प्रेरित करने की अपील की है नशा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में भी विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दिन नशे की लत से होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिये लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएगे इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें जिला स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिवहन पुलिस जेल खेल और युवा कल्याण पंचायती राज एवं संस्थाए तथा अशासकीय संस्थाओं को सहयोगी बनाकर नशा निवारण दिवस का आयोजन करने के लिये कहा गया है वहीं खंडवा राजगढ़ ग्ना बैतूल अनूपपुर जबलपुर ग्वालियर उमरिया सहित सभी जिलों में कल नशामुक्ति निवारण दिवस मनाया जाएगा सीएनजी केन्द्र सरकार ने देश के चार सौ छह जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है

धर्मेन्द्र प्रधान ने सदन को यह भी बताया कि अगले आठ वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख बीस हजार करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा मयूर वन उज्जैन के विक्रम वाटिका में सवा दो करोड़ से अधिक की लागत से मयूर वन का निर्माण किया जाएगा इस वन में आकर्षक प्रवेश द्वार बच्चों का गार्डन इंटरप्रिटेशन सेन्टर कैफेटेरिया और लेंड स्केपिंग का कार्य किया जायेगा इसी तरह वन में स्थित तालाब के जीर्णोद्वार का कार्य भी शामिल है लोक निर्माण तथा पर्यावरण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने आज इसका भूमि पूजन किया इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इस वन के द्वारा मोरों के संरक्षण में सहायता मिलेगी

मानसून का प्रवेश बंगाल की खाड़ी के जरिए मंडला डिण्डोरी सिवनी बालाघाट छिन्दवाड़ा खंडवा और बुरहानपुर से हुआ विभाग के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है एक दो दिन में इसके भोपाल और इन्दौर पहुँचने की संभावना है

इसके तहत आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रकरणों में पुलिस को सहायता मिलेगी